बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं बुरी तरह प्रभावित

कोरोना से अब तक तीन सौ छत्तीस लोगों की मृत्यु

प्रदेश में बाढ़ का संकट और गहरा गया है मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तटबंधों के ट्रटने से कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है वहीं सारण जिले में भी गंडक नदी के बाढ़ का पानी फैलने से कई गांव आपदा की चपेट में आ गये हैं राज्य में चौदह जिलों के एक सौ चौदह प्रखंडों में लगभग संतावन लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं एक हजार बयासी पंचायत प्रभावित हुये हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की इकतीस टीमों की मदद से बचाव और राहत अभियान चलाया जा रहा है प्रभावित क्षेत्रों में उन्नीस राहत शिविर संचालित किये जा रहे हैं जहां लगभग साढ़े सत्रह हजार लोग रह रहे हैं वहीं एक हजार तीन सौ अंठावन सामुदायिक रसोई घरों का भी संचालन किया जा रहा है जहां लगभग साढ़े नौ लाख लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है मुजफ्फरपुर जिले में बूढ़ी गंडक नदी में उफान से मुरौल प्रखंड में कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि बाया नदी का सुरक्षा बांध टूटने से पारू साहेबगंज और सरैया प्रखंड के कई गांव बाढ़ से प्रभावित है जिले में तेरह लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं

छपरा और मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सात सौ बाईस पर बाढ़ का पानी आ जाने से वाहनों का परिचालन रोक दिया गया है इस राजमार्ग पर भेल्दी थाना के पास तीन फुट से ऊपर पानी बह रहा है जिले के मकेर प्रखंड में तेज धार के बीच सड़क पार करने के दौरान एक निजी अस्पताल के चिकित्सक और उसका कम्पाउंडर बाढ़ में बह गये एनडीआरएफ की टीम दोनों की तलाश कर रही है इधर जल संसाधन विभाग के अभियंताओं ने गंडक सुरक्षा तटबंध में कई स्थानों पर टूट की मरम्मत कर दी है इससे प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति में सुधार की सम्भावना है सीवान जिले में भगवानपूर प्रखंड में धमई नदी का पानी कई गांवों में प्रवेश कर गया है वहीं सरयू नदी जिले के गंगपुर सिसवन में उफान पर है जिसके चलते कई निचले इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है हालांकि बाढ़ प्रभावित गोपालगंज जिले में स्थिति में मामूली सुधार हुआ है इधर पश्चिम चम्पारण जिले में वाल्मीकि नगर टाईगर रिजर्व में बाढ़ का पानी फैलने के बाद बाघों और अन्य जीवों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है बाढ़ के कारण अनेक जंगली जीव जंतु पानी में बह कर रिहायशी क्षेत्रों में चले जा रहे हैं दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया कि सड़कों के क्षतिग्रस्त होने और बाढ़ का पानी कई फूट ऊपर आ जाने से आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित हुई है राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की दो तथा एसडीआरएफ की एक टीम लगायी गयी है

ढ़ाई लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में आ गये है इधर बाढ़ के कारण समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर लगातार बारहवें दिन भी ट्रेनों का परिचालन ठप है इधर सीमांचल इलाके में कोसी महानंदा और परमान नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से सुपौल सहरसा पूर्णियां कटिहार और अररिया जिले के कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुये हैं सुपौल जिले में बाढ़ से लगभग एक लाख लोग प्रभावित हुये हैं प्रदेश में आठ नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है गंगा सोन घाघरा और महानंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि का सिलसिला जारी है जबकि गंडक बूढ़ी गंडक बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कई स्थानों पर कमी दर्ज की गयी है कोसी और परमान नदी का भी जलस्तर कम हो रहा है गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर दर्ज किया गया वहीं बूढ़ी गंडक भी समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में लगातार लाल निशान के ऊपर बनी हुई है नदी का जलस्तर रोसड़ा में लाल निशान से चार मीटर अधिक रिकॉर्ड किया गया दरभंगा के हायाघाट में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर दर्ज किया गया इधर पटना में गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले दो दिनों तक मध्यम बारिश के आसार हैं कई स्थानों पर भारी बारिश और वजपात की भी आशंका है मॉनसून की अक्षीय रेखा बिहार से होकर गुजर रही है जिसके चलते अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में अच्छी बारिश होने की सम्भावना है इधर पटना और दक्षिण बिहार के कई जिलों में धूप निकलने के कारण तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है लोग उमस भरी गर्मी से परेशान है चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी से स्वच्छ भारत पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा हैं इसके अन्तर्गत पेश है स्वच्छ भारत अभियान से देश में आये बदलाव पर एक रिपोर्ट बाईट खुले में शौच जाने से मुक्त रहने की स्थिति बरकरार रखने और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने को साथ ही कोई भी परिवार शौचालय से वंचित न रहे इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण जारी है

इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन शहरी ने भी स्वच्छता और कचरा प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

दिवाकर आकाशवाणी समाचार दिल्ली देश में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खूले बैंक खातों की संख्या चालीस करोड़ से ज्यादा हो गयी है केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया है कि बीते बाईस जुलाई तक इन बैंक खातों में लगभग एक लाख तीस हजार करोड़ रूपये जमा किये गये हैं गौरतलब है कि छह साल पहले इस योजना की शुरूआत की गयी थी प्रदेश के सभी अड़तीस जिले में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के दो हजार दो सौ संतानवे मामलों की पुष्टि के बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर उनसठ हजार पांच सौ सड़सठ हो गई है वहीं चौदह संक्रमितों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या तीन सौ छत्तीस हो गई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पटना जिले में सबसे अधिक दो सौ तिरानवे मामले सामने आये है कटिहार से एक सौ सैंतीस बेगूसराय से एक सौ तीस वैशाली से एक सौ पन्द्रह पूर्वी चंपारण से छियानवे मधुबनी से पंचानवे गया से इक्यानवे सहरसा से नब्बे भोजपुर और नालंदा से चौरासी चौरासी मुजफ्फरपुर से बयासी मामलों की पुष्टि हुई है साथ ही पूर्णिया और सारण से बहत्तर बहत्तर सीतामढ़ी से उनहत्तर रोहतास से अड़सठ सीवान और सुपौल से संतावन संतावन तथा खगड़िया से इक्यावन व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं अब तक अड़तीस हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर चौसठ दशमलव छह पांच प्रतिशत है पटना जिले में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है लगभग दस हजार लोग अब तक संक्रमित हुये हैं वहीं छह हजार से अधिक स्वस्थ हो चुके हैं जिले में इक्यावन लोगों की इस महामारी से मृत्यु हो चुकी है वहीं संक्रमण के मामले में दूसरे स्थान पर भागलपुर जिला है जहां लगभग तीन हजार लोग संक्रमित हुये है और तीस लोगों की मृत्यु हुई है मुजफ्फरपुर नालंदा और गया जिले में भी कोविड संक्रमण के मामले हाल के दिनों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है पटना स्थित कोविड उन्नीस के लिए नोडल अस्पताल एनएमसीएच में भर्ती मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी परिजनों से साझा करने के लिए स्वास्थ्य बुलेटिन जारी करने की व्यवस्था शुरू कर दी गयी है अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि पहले दिन चार विभागों में भर्ती मरीजों का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने तथा स्वजनों को उनके मरीजों के स्वास्थ्य से जुड़ी पूरी जानकारी देने के लिए प्रत्येक दिन दोपहर में हेल्थ बुलेटिन जारी किया जायेगा कोरोना रोकथाम को लेकर विधानसभा की सर्वदलीय समिति का गठन किया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल सदन में कोरोना की स्थिति पर चर्चा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी से इसके गठन का आग्रह किया उन्होंने कहा कि इस समिति के सदस्यों के साथ राज्य सरकार हर पन्द्रह दिन पर वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बैठक करेंगी इस दौरान समिति के सदस्य कोविड उन्नीस रोकथाम प्रबंधन और अन्य मुद्दों को लेकर जो सुझाव देंगे उस पर सरकार अमल करेगी राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकायों में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के रिक्त पदों पर बीस और इक्कीस अगस्त को चूनाव की घोषणा की है राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने नगर निगम नगर परिषद और नगर पंचायत के रिक्त पदों पर चुनाव का आदेश जारी कर दिया है कटिहार नगर निगम के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद अरवल नगर परिषद में उप मुख्य पार्षद मसौढ़ी नगर परिषद में मुख्य पार्षद बांका नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद समेत विभिन्न निकायों में रिक्त पदों के लिए बीस अगस्त को चुनाव कराया जायेगा जबकि बिक्रम नगर पंचायत के रिक्त पदों पर इक्कीस अगस्त को चुनाव सम्पन्न कराने के आदेश दिये हैं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 दैनिक हिन्दुस्तान ने विधानमंडल सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आग्रह को बड़ी खबर बनाते हुये शीर्षक दिया है कोरोना पर विधानसभा की सर्वदलीय कमेटी बनेगी दैनिक भास्कर ने विधानसभा सत्र के दौरान तीन विधेयकों को पास किये जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है बीस से कम श्रमिक वाली बिजलीचालित फैक्ट्री को अब लाईसेंस के रिन्युअल की जरूरत नहीं दैनिक जागरण ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच पर विवाद को लेकर शीर्षक दिया है सुशांत मामले में जांच को लेकर महाराष्ट्र और बिहार पुलिस में ठनी प्रभात खबर की सुर्खी अयोध्या में छाया उल्लास आज हनुमानगढ़ी में पूजा कल मोदी करेंगे भूमि पूजन आज अखबार की प्रमुख सुर्खी है डिग्री कॉलेजों में बंद होगी ग्यारहवीं बारहवीं की पढ़ाई और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गम्भीर बनी हुई है

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं बुरी तरह प्रभावित

कोरोना से अब तक तीन सौ छत्तीस लोगों की मृत्यु